प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें बांग्लादेश से एलपीजी के आयात से संबंधित परियोजना भी शामिल है दो अन्य परियोजनाएं हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद भवन का निर्माण और बांग्लांदेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान की स्थापना दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज हुई वार्ता के बाद शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सात ज्ञापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गए श्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एलपीजी और कौशल विकास संस्थान जैसी परियोजनाओं से आम आदमी को लाभ होगा बाइट तीन परियोजनाएं तीन अलग अलग क्षेत्रों में हैं एलपीजी इंपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल फोसलिटी लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना यही भारत बांग्लादेश संबंध का मूल मंत्र भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि विवेकानंद भवन में सा से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी बाइट ढाका के रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन का प्रोजेक्ट जो दो महानुभावों के जीवन से प्रेरणा लेता हैं हमारे समाजों और मूल्यों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का अमिट प्रभाव रहा है बांग्ला संस्कृति की उदारता ओर खुली भावना की तरह ही इस मिशन में भी सभी पंथों को मानने वाले के लिए स्थान है

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने वक्तव्य में सभी परियोजनाओं के लिए भारत की आर्थिक मदद के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी संयुक्त सहयोग की ऐसी और परियोजनओं का उद्घाटन किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कंपनी सचिवों को व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने क लिए काम करना चाहिए

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उनसे काफी उम्मीदें भी हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में मारे गए सैन्य कर्मियों क परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के लगातार और उपयोगी तरीके से संवाद में संलग्न रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है वह कल नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे देश के विकास को आगे बढ़ाने और ख्रशहाल तथा आपसी तालमेल वाले विश्व की स्थापना में मदद मिलेगी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

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति आज पहले से कही अधिक मजबूत हुई है

स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों के सहयोग से आज लखनऊ में आयोजित ग्राहक सम्पर्क कार्यक्रम में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आज बैंकों तक गरीबों की पहंच बनी हैं उन्होंने कहा जिनको बैंक के दरवाजे में आने को डर लगता था जो केवल वह उद्योग और बड़े व्यापारियों के लिये होता था उसमें मोदी सरकार ने जब जनधन खाते खोले तो उसके घर में बैंक वाले गये और उसका खाता खुलवाया यह एक बहुत बड़ा काम हुआ

आज जिनको कर्जा दिया यह मुद्रा योजना नये उदयम करने वालों के लिये छोटे छोटे उद्योग करने वाले एक बड़ी सौगात लेकर आया है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिये जरूरतमंद लोगों को कर्ज की सुविधा मुहैया करा रही है उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना में पिछले पांच सालों में बीस करोड़ लोगों को फायदा मिला है इनमें पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थी और आठ करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है इससे उद्योग जगत को काफी फायदा होगा साथ ही बैंकों से सस्ते कर्ज मिलेंगे बाइट रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया अपने रेपोरेट में कमी की और जो लगातार पांचवीं उन्होंने आज की दरे घटाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोन के काम पर घटेंगे इससे ये ईएमआई घटेगा जो बैंकों के कर्जे सस्ते होंगे और उससे उद्योगों को और व्यापार को ज्यादा बल मिलता है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश के आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रूपये के निवेश का फैसला किया है

इसी से अर्थव्यवस्था तेज होती हैं इसके लिए सौ लाख रूपये का निवेश भारत सरकार ने तय किया है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय स बैंकिंग उद्योग मजबूत हुआ है और सभी ने इसका स्वागत किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम को सांस्कृतिक एकता और सनातन आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा है कि उनके व्यक्तित्व व कार्यो से सभी को प्रेरणा मिलती है

उन्होंने रामलीला आयोजन समिति को शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह समिति रामलीला के भव्य आयोजन की समृद्ध परम्परा को निभा रही है उन्होंने कहा कि रामलीला हमारे अतीत की समृद्ध परम्परा से जुड़ती है मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराज्य की अवधारणा सर्वांगीण विकास सर्वसमावेशी समाज की रही है उन्होंने कहा कि थाईलैंड कोरिया इंडोनेशिया सहित विश्व के अनेक देशों में श्रीराम अयोध्या और राम राज्य के प्रति आस्था व श्रद्धा का भाव है अनेक देशों में भी रामलीला का मंचन किया जाता है उन्होंने शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी पर्व पर लोगों को बधाई और श्रभकामाएं दी रामोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज भक्तों ने माँ भगवती के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की घरों और मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की इस अवसर पर प्रसिद्ध देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की लम्बी कतारे लगी रही हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल में शारदीय नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की भारो भीड़ उमड़ रही है मेला प्रारम्भ होने से अब तक दस लाख से अधिक श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके है मेले में पड़ोसी राज्य बिहार मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर से बड़ी सख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं